नागरिकता कानून के समर्थन में भाजपा का राष्ट्रव्यापी अभियान जारी कांग्रेस ने कल विरोध में दिया धरना

इसी तारतम्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्यप्रदेष द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में आयोजन किये जा रहे हैं विभाग के मंत्री प्रद्म्न सिंह तोमर ग्वालियर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे

बड़वानी के शासकीय हाईस्कूल बोरलाय में प्रदर्षनी लगाई जाएगी शिवपूरी के नगर पालिका कम्यूनिटी हॉल के गांधी पार्क में कार्यक्रम आयोजित होगा

वहीं अलग अलग शहरों में विध्यत दूरसंचार खाद्य एवं औषधी नापतौल ऑयल कंपनी इत्यादी विभागों द्वारा उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवक्ता सेवा शिक्षा आदि के बारे में जानकारी दी जायेगी

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानून किसी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कानून को तोड़ मरोड़कर लोगों के बीच पेश कर रहे हैं उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में नई दिल्ली में कल राजघाट पर धरना दिया गया नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ इस धरने में पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह पार्टी नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा गुलाम नबी आजाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई प्रमुख नेताओ ने भाग लिया

इसी क्रम में इंदौर षहर की स्वच्छता जांचने के लिए दिल्ली से एक दल कल शहर पहुंचा यह दल चार दिन षहर में रहकर जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों वाटर प्लस के साथ ही खुले में षौच से मुक्ति यानि ओडीएफ डबल प्लस को लेकर निरीक्षण करेगा दल निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के दस्तावेजों को जांचने के साथ ही स्मार्ट सिटी को लेकर भी जानकारी जुटाएगा गौरतलब है कि ओडीएफ डबल प्लस होने से सिर्फ फाइव स्टार की पात्रता हासिल होगी सेवन स्टार के लिए वाटर प्लस सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है

नियंत्रण केन्द्र में कॉल ट्रेकर फोन करने वाले व्यक्ति से दुर्घटना संबंधी जानकारी एकत्रित करता है और विश्लेषण करने के बाद घटना स्थल पर एम्बुलेंस भेजने की व्यवस्था करता है

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये राज्य स्तर पर कियान्वित यह पहली परियोजना है

इस दौरान बाल श्रम बाल हिंसा बाल भिक्षावृत्ति तथा बाल अधिकारों से जुड़े करीब साढ़े सात सौ से अधिक प्रकरणों की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई आयोग ने सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं

इस विश्व धरोहर पर हमें गर्व है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जैसे आयोजन खजुराहो की ख्याति के विस्तार में सहायक है ऐसे समारोह भारतीय वास्तुकला और पुरा सम्पदा को विश्व के समक्ष लाने का माध्यम भी हैं श्री टंडन कल खजुराहो में पाँचवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

इसके साथ ही ठंड का दौर जारी है

मुख्यमंत्री रघुवर दास निर्दलीय उम्मीदवार से चुनाव हार गए

आईएफएस अधिकारी हर्षवर्द्वन श्रंगला नये विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं वह मौजूदा विदेश सचिव विजय केशव गोखले की जगह लेंगे रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने पिपलोदा और आलोट क्षेत्र में किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत गुलाबी आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया अनूपप्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं को वाहन के लिए सरल किश्त में ऋण दिया जाएगा सरकार ने वाहनों की सुरक्षा के लिए मोटर वाहन और उनके कलपुर्जो पर माइक्रोडॉट्स पहचान चिन्ह लगाने के नियम अधिसूचित किए हैं भिंड में जय किसान फसल ऋण माफी योजना का द्वितीय चरण आरंभ हो गया है कल गुलाबी फॉर्म के निराकरण के लिएशिविर आयोजित किया गया